विधि व्यवस्था के मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष का राजभवन मार्च

विधान मंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका विपक्ष ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया और सदन में इस पर चर्चा कराने की मांग की इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में राजद कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्यों ने सदन के बीचोबीच आकर जमकर हंगामा किया हंगामे और शोरगुल के कारण तीन बार बैठक स्थगित करनी पड़ी भोजनावकाश से पहले के सत्र में कोई कार्यवाही नहीं हुई हंगामे के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार बोलते रहे श्री यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के साथ यौन शोषण मामले में जांच को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है उन्होंने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष ने यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की फोन पर की गयी बातचीत के ब्यौरे को सार्वजनिक करने की मांग की संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना है वह नियम से अपनी बात रखे तो सरकार उसका जवाब देगी भोजनावकाश के बाद दोबारा जब दिन के दो बजे कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य फिर से सदन के बीच में आ गये जिसके बाद अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने शाम चार बजकर पचपन मिनट तक के लिये कार्यवाही स्थगित कर दी तीसरी बार जब कार्यवाही शुरू हुई तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखा विपक्ष के सदस्य फिर से हंगामा करने लगे शोरगुल और नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ने चालू वित्त वर्ष के लिये दूसरे अनुप्रक बजट को बिना चर्चा के पारित कर दिया इसके बाद क्छ अन्य जरूरी विधायी कार्य निपटाने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी विधान परिषद् में भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले और खराब विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया इस मुद्दे को राजद के रामचंद्र पूर्वे ने उठाया कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई जिसके बाद कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने सदन की कार्यवाही दिन के ढाई बजे तक के लिये स्थगित कर दी दोबारा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राजद के सदस्य सदन के बीचोबीच आ गये स्थिति शांत नहीं होते देख सभापति ने कल दिन के ग्यारह बजे तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण मामले को लेकर संपूर्ण विपक्ष ने आज राजभवन मार्च निकाला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद कांग्रेस भाकपा माले और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के सदस्य इसमें शामिल हुए श्री यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले में आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा उन्होंने बताया कि राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गयी है उच्चतम न्यायालय ने पच्चीस वर्ष से अधिक उम्र के परीक्षार्थियों को नीट की परीक्षा देने की अनुमति दे दी है यह फैसला देश भर में दो हजार उन्नीस के एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा पर लागू होगा न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन देने की समय सीमा एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि देश को स्वास्थ्य देखभाल और कृषि क्षेत्र के लिए जी एस टी जैसे संघीय ढांचे की जरूरत है नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में श्री जेटली ने कहा कि कोन्द्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य देखभाल के लिए अलग अलग खर्च कर रही हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को लोगों की पहुंच में लाने और वहन करने योग्य बनाने के लिए उन्हें एकीकृत कर देना चाहिए श्री जेटली ने कहा कि आयूष्मान भारत योजना रफ्तार पकड़ लेगी जिससे मरीजों को अपने अधिकार प्राप्त हो सकेंगे और इसके अन्तर्गत दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था में सूधार आयेगा खगड़िया जिले के मानसी में प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का आज होने वाला उद्घाटन स्थगित कर दिया गया है केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल इसका उदघाटन करने वाली थी खगड़िया पहंचने पर निरीक्षण के दौरान प्रमोटर द्वारा कार्य अध्रा छोड़ने के कारण केन्द्रीय मंत्री ने इसके लोकार्पण से इंकार कर दिया श्रीमती बादल ने कहा कि कार्य प्ररा होने के बाद ही इसका उद्घाटन किया जायेगा और संबंधित कंपनी को मिलने वाले केन्द्रीय अनुदान का भूगतान होगा उन्होंने कहा कि इस फूड पार्क के संचालन की निगरानी मंत्रालय स्तर पर की जायेगी पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र में रालोसपा नेता और नर्सिंग होम संचालक प्रेम चंद्र क्शवाहा की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई घंटे तक लोगों ने सड़क जाम किया गौरतलब है कि कल देर रात सिरहा रोड करबला के पास अज्ञात अपराधियों ने नर्सिंग होम संचालक की हत्या कर दी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कूशवाहा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में दिन प्रतिदिन राजनीतिक हत्याओं की संख्या बढ़ रही हैं श्री कुशवाहा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है जदयू छात्र नेता और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष दिव्यांशू भारद्वाज की क्छ छात्रों ने आज पिटाई कर दी श्री भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने चुनावी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है इधर छात्र संघ चुनाव को लेकर विभिन्न संगठनों ने अभियान तेज कर दिया है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद एक सौ बाईस प्रत्याशियों में से सात का नामांकन रदद कर दिया गया है गौरतलब है कि अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिये पांच दिसम्बर को मतदान कराया जायेगा राजद नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के तलाक के आवेदन पर आज पटना की एक निचली अदालत में सुनवाई हुई श्री यादव ने अपनी नवविवाहिता पत्नी ऐश्वर्या राय पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अदालत में तलाक की अर्जी दी है ऐश्वर्या राय राजद नेता और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की पुत्री है सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के लोग अदालत में उपस्थित थे पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच के दूसरे दिन आज बिहार ने सिक्किम के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में चार विकेट खोकर एक सौ पचास रन बना लिये हैं बिहार की ओर से मोहम्मद रहमतुल्ला ने सबसे अधिक छियासठ रन बनाये वहीं इंद्रजीत कुमार ने तीस रनों की पारी खेली इससे पहले सिक्किम की पूरी टीम अपनी पहली पारी में मात्र इक्यासी रन बनाकर ऑल आउट हो गयी बिहार की ओर से घातक गेंदबाजी करते हुए आश्र्तोष अमन ने सिक्किम के पांच बल्लेबाजों को आउट किया दरभंगा में निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने एक ड्रग इंस्पेक्टर सहित दो लोगों को साठ हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है ब्यूरो की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह और उसके एक सहयोगी राजेन्द्र को सिविल सर्जन कार्यालय से गिरफ्तार किया दोनों आरोपी एक दवा दुकान के लाईसेंस को बहाल करने के लिये संचालक से घूस ले रहे थे पूछताछ के बाद दोनों को मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जायेगा भोजपूर पूलिस ने पीरो अनुमंडल के सिकरहट्टा थाना अंतर्गत सिकरहट्टा गांव में अपराध की योजना बना रहे चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने अपराधियों के पास से दो देशी रायफल एक देशी पिस्तौल और कई कारतूस बरामद किये हैं शेखप्रा में पूलिस ने बिहार ग्रामीण बैंक के कैथवा शाखा में चौवन खातों से चौंतीस लाख रुपये निकाले जाने के मामले में बैंक ग्राहक सेवा के संचालक विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है वहीं नवादा जिले में हिसुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने एटीएम कार्ड का क्लोनिंग कर लोगों के बैंक खाते से रूपये उड़ाने वाले छह अपराधियों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय के उपविकास आयुक्त कंचन कपूर ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को तीन महीने के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन चार हजार से अधिक आवासों के निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है

विधि व्यवस्था के मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष का राजभवन मार्च